विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत हमेशा से इस रुख पर कायम है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय बातचीत ही हो सकती है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी भी वार्ता से पहले सीमा पार से चलाया जा रहा आतंकवाद रोकना होगा उधर अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने फिर संकेत दिया है कि पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता पर रोक तब तक नहीं हटाई जा सकती जब तक अमरीका आतंकी नेटवर्क के खिलाफ उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो जाता वाशिंगटन में कल रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ पहली बैठक में ट्रम्प ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को पिछले कई वर्षो से एक अरब तीस करोड़ डॉलर की मदद देता आ रहा है लेकिन पाकिस्तान ने अब तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की है

वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे भारत का कम लागत वाला स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया अंतरिक्ष कार्यक्रम बताते हुए कहा है कि यह देश के लिए गर्व की बात है न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है कि अगर इस अभियान के बाकी चरण सफल रहे तो अमरीका रूस और चीन के बाद चंद्रमा की सतह को छूने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा

उन्होंने कहा कि सही सूचनाओं के निर्बाध प्रवाह को मजबूती प्रदान करने की इसी प्रतिबद्धता के कारण सूचना के अधिकार के तहत आवेदनों की संख्या कम करने के लिए अधिकतम सरकारी विभाग स्वतः सूचना दिए जाने को बढ़ावा दे रहे हैं श्री जावडेकर ने कहा कि क्छ लोग जानबूझकर सरकार की छवि बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी आलोचना में कोई सच्चाई नहीं है उन्होंने कहा कि आर टी आई अधिनियम में संशोधन किसी भी तरह से सूचना आयोग की स्वायत्ता से समझौता नहीं है गौरतलब है कि कल लोकसभा ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पारित किया है

विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केन्द्र की सरकार जनता के अधिकारों को खत्म करना चाहती है

आज विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत मे उन्होने कहा कि विपक्ष को समझाने के प्रयास किये जा रहे है

कल भी नई व्यवस्था के विरोध मे भाजपा विधायकों ने काली पट्टी बांधी थी

इन समारोहों का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच राष्ट्र व्यापी अभियानों के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना और बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देना है विजय दिवस समारोह के तहत कल बाडमेर में सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न बटालियनों की ओर से कारगिल हीरोज के फोटो सहित विवरण प्रदर्शित किए गए साथ ही आमजन को शहीदों की वीरता की कहानियां बताई गई इसी कड़ी में आज सरहदी इलाकों में देश की सुरक्षा में फोर्सेज के योगदान पर आधारित फोटो गैलेरी और सीमा सुरक्षा बल की डाक्यूमेट्री प्रदर्शित करने के साथ हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है

वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में एक है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

ये दल दिन रात नहरों की निगरानी करेंगें हमारे संवाददाता ने बताया कि गश्ती दलों के साथ पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा

अचानक पानी आने से किसानों की मूंगफली की फसल खराब हो गई